नीति आयोग तथा पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इस वार्षिक बैठक का आयोजन किया है वैश्विक तेल और गैस क्षेत्र में भारत का स्थान महत्वपूर्ण है वह कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और तरल प्राकृतिक गैस का चौथा सबसे बड़ा आयातक देश है

मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से अपील की है कि वे त्यौहारों के मौसम में बाजार से खरीददारी करते समय स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता दें आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कल अपने सम्बोधन में श्री मोदी ने सभी लोगों से कहा कि वे वोकल फॉर लोकल के संकल्प को ध्यान में रखें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश और प्रदेश के ऐसे लोगों का जिक किया जिन्होंने अपने अनूठे कार्यो से न केवल लोगों की मदद की बल्कि समाज के सामने एक अनुकरणीय उदाहरण भी पेश किया सतर्कता जागरूकता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर कल राष्ट्रीय सतर्कता और भ्रष्टाचाररोधी सम्मेलन का उदघाटन करेंगे इस सम्मेलन का विषय है सतर्क भारत समुद्ध भारत इसका आयोजन केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने किया है यह सम्मेलन नीति निर्माताओं और अन्य संबंधित पक्षों को व्यवस्थित सुधारों और निवारक सतर्कता उपायों के जरिये भ्रष्टाचार से निपटने में समर्थ होने के लिए साझा मंच उपलब्ध कराएगा केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंह सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे

वहीं प्रशासन द्वारा मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है ग्वालियर में जिला प्रशासन द्वारा फ्लेगमार्च निकालकर निर्भीक होकर तीन नवंबर को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का संदेश दिया गया हमारे ग्वालियर संवाददाता ने जानकारी दी है कि वहीं भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान मे चल रहे मतदान दलों के प्रशिक्षण स्थल पर डाक मतपत्र सुविधा से संबंधित जानकारी साझा की जा रही है कोरोना प्रदेश प्रदेश में कोरोना संकमण की रफ़तार धीरे धीरे कम हो रही है

जन आंदोलन कोरोना से बचाव के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किये गये जन आंदोलन का समर्थन करते हए फिल्म अभिनेता गोविंद नामदेव ने नागरिको से कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनने की अपील की है

हालांकि ये पर्व दो तिथियों में पड़ने के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में कल भी दशहरा मनाया गया राष्ट्रपति प्रधानमंत्री राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को विजयमादशमी की बधाई दी है

इस अवसर पर नवरात्र पर्व के दौरान लगाई गई आकर्षक झांकियों को पुरस्कार भी दिये जायेंगे इसके पहले कल नवरात्रि के समापन पर प्रदेशभर की झांकियों में लगाई गई देवी प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया आज भी कई स्थानों पर झांकियों का विसर्जन किया जा रहा है अच्छी खबर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मन की बात कार्यकम में प्रदेश के सिंगरौली की शिक्षिका ऊषा दुबे का जिक किया है जिन्होंने अपनी स्कूटी को ही मोबाइल लायब्रेरी में बदल दिया है बच्चे उन्हें प्यार से किताबों वाली दीदी कहकर पुकारते हैं आइये आपको सुनाते हैं ऊषा दुबे की प्रेरक कहानी जो अन्य शिक्षकों के लिए भी अनुकरणीय बन गया है

अभियान के दौरान ग्रामीण लोगों को राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और काय्रकमों की जानकारी दी जा रही है अभियान के तहत कल ग्राम सिलारी और बनखेड़ी के ग्राम हिनौतिया में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता का निरीक्षण किया गया

नमस्कार